अटारी सीमा से उन्हें पहले अमृतसर लाया गया जहां से वे वायुसेना के विमान से देर रात दिल्ली लाये गये इससे पहले विंग कमाण्डर अभिनन्दन वर्धमान की स्वदेश वापसी को लेकर कल दिनभर अटारी सीमा पर लोग जमे रहे

अभिनन्दन वर्धमान की स्वदेश वापसी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर कहा कि अभिनन्दन के अदम्य साहस पर देश को गर्व हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित विभिन्न नेताओं ने अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तान की हिरासत से रिहा होने के बाद उनकी स्वदेश वापसी का स्वागत किया है

उन्होंने कल तमिलनाड के कन्याक्मारी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का श्रभारंभ करने के अवसर पर यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नया भारत है जो आतंकवादी हमलों से नुकसान पर आतंकवादियों को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा

रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह इस संख्या को शून्य तक लाने के लिए प्रतिबद्व है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले पांच वर्षो की रेलवे की उपलब्धियों के बारे में कल नई दिल्ली में एक पुस्तिका का लोकार्पण करते हुए कहा कि सभी बड़ी लाइनों पर बिना कर्मचारी वाले फाटक हटा दिये गये हैं

इसके लिये कर्नल राठौड ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया हैं श्री राठौड ने कहा कि इन ट्रेनों के ठहराव से जयपुर ग्रामीण के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी फलेरा विधायक सहित जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों के ठहराव के लिये कर्नल राठौड का आभार जताया है

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण तरीके से कराने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा और हर शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी

जिन मतदाताओं के नाम सूची में जुड चुके है वे एसएमएस के जरिये भी अपने नाम की जानकारी प्राप्त कर सकते है

बैठक में राज्य सरकार की तीन मंत्रियों की कमेटी में से पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल सहित गुर्जरों की ओर से कर्नल किरोडी सिंह बेंसला मौजूद रहे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के गोयल ने बताया कि प्रदेश में पहली बार गौशाला संचालकों और उनके प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करने के लिए राज्यस्तरीय गौरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है